लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं इस चरण में प्रदेश के आठ संसदीय क्षेत्रों वाल्मीकिनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सिवान और महाराजगंज में मतदान होना है एक करोड़ अड़तीस लाख से अधिक मतदाता सोलह महिला प्रत्याशियों समेत एक सौ सताईस उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदान में पच्चासी हजार पांच सौ चुनाव कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए तेरह हजार नौ सौ तिहत्तर पोलिंग ब्रथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं अर्द्वसैनिक बलों के साथ साथ सैप बिहार पुलिस और बीएमपी के जवानों की तैनाती की गयी है उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से एक हेलीकॉप्टर और पटना में एक एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी दो सौ बयासी मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग के जरिये मतदान प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जायेगा संवेदनशील ब्रथों पर दो हजार पांच सौ छिहत्तर माईक्रो आब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति की गयी है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नेपाल से लगने वाली सीमाओं को सील कर चौकसी बढ़ा दी गयी है वहीं उत्तर प्रदेश से लगने वाली गोपालगंज सीवान और पश्चिम चम्पारण जिले की अंतर्राज्यीय सीमा को भी सील कर दिया गया है श्री सिंह ने बताया कि नक्सल प्रभावित वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के वाल्मीकिनगर और रामनगर विधानसभा क्षेत्र तथा वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मीनापुर पारू और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा अन्य क्षेत्रों में मतदान शाम छह बजे तक चलेगा छठे चरण के लोकसभा चूनाव में जिन राजनीतिक दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राधामोहन सिंह जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघ्रवंश प्रसाद सिंह भाजपा के संजय जायसवाल और रमा देवी प्रमुख हैं सीवान सीट पर दो महिला उम्मीदवारों जदयू की कविता सिंह और राजद की हिना शहाब के बीच सीधी टक्कर है

आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयुक्त बैंक पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने स्पष्ट किया है कि फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी छठे चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने पटना में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक यह नियंत्रण कक्ष काम करेगा लोग दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ या फैक्स नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच छह एक एक पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं इसके अलावा ई मेल आईडी सीईओ बिहार एट जीमेल डॉट कॉम पर भी शिकायतें भेजी जा सकती हैं सारण प्रमंडल क्षेत्र की लोक सभा सीटों सिवान और महराजगंज में मुकाबला काफी रोचक है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट बाईट सिवान में इस बार मुख्य मुकाबला दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच माना जा रहा है जो राजद और जनता दल यूनाइटेड से प्रत्याशी हैं राजद ने जेल में बंद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को जबकि जदयू ने अजय सिंह की पत्नी दरौंधा की विधायक कविता सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है वहीं भाकपा माले के अमरनाथ यादव सिवान के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्षेत्र की एक अन्य सीट महराजगंज पर भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और राजद के रणधीर कुमार सिंह के बीच कांटे की टक्कर है सिग्रीवाल राज्य के पूर्व मंत्री हैं और रणधीर कुमार सिंह बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं

दोनों सीटों पर किसकी किस्मत का पास पलटेगा यह अब मतगणना के दिन तेईस मई को ही पता चलेगा आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से धर्मेन्द्र कुमार राय पूर्वी चंपारण जिले में छतौनी स्थित एक होटल के कमरे से चार लाख रुपये से अधिक नकद बरामद होने के मामले में पुलिस ने शिवहर से भाजपा की निवर्तमान सांसद और प्रत्याशी रमा देवी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है वहीं वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी दीपक यादव ने पार्टी से अपने इस्तीफे की अफवाह फैलाये जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी है बसपा उम्मीदवार ने कांग्रेस और जदयू पर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है सातवें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बक्सर के ड्मरांव में पार्टी उम्मीदवार अश्विनी कुमार चौबे के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री सिंह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से समझौता नहीं किया

उन्होंने सासाराम संसदीय क्षेत्र के डिहरी में पार्टी उम्मीदवार छेदी पासवान के पक्ष में भी चुनावी सभा को संबोधित किया इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के समर्थन में पटना के विभिन्न हिस्सों में रोड शो कर रहे हैं उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी नंदकिशोर यादव और गिरिराज सिंह समेत कई नेता मौजूद हैं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र के धनरूआ में भाजपा उम्मीदवार रामकुपाल यादव के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुये कहा कि कोन्द्र के सहयोग से राज्य सरकार सामाजिक न्याय के साथ विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है श्री कुमार ने जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अरवल में एनडीए उम्मीदवार चन्देश्वर प्रसाद चंद्रवशी काराकाट संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत नवीनगर में पार्टी उम्मीदवार महाबली सिंह और नालंदा के हरनौत में पार्टी उम्मीदवार कौशलेन्द्र कुमार के पक्ष में भी चुनावी सभा को संबोधित किया भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने पाटलिपुत्र से एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव के पक्ष में बिक्रम मनेर बिहटा और दानापुर में रोड शो कर लोगों से समर्थन की अपील की राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बक्सर के इटाढ़ी में पार्टी उम्मीदवार जगदानंद सिंह के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने केन्द्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुये कहा कि महागठबंधन ही देश के सामने एक मात्र विकल्प है बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सासाराम संसदीय क्षेत्र के भभुआ में पार्टी उम्मीदवार मनोज कुमार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि कांग्रेस और भाजपा साजिश के तहत आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज से चार दिनों तक हल्की बारिश का प्र्वानुमान व्यक्त किया है विभाग ने कहा है कि इस दौरान कई जगहों पर तीस से लेकर साठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ध्रल भरी आंधी भी चल सकती है साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका जतायी गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार से होकर गुजर रही ट्रफ रेखा के कारण मौसम में यह बदलाव हो रहा है इधर आज भी भीषण गर्मी और लू के कारण जन जीवन बुरी तरह प्रभावित रहा है पटना और गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान तैंतालीस डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए लगभग पचास आईईडी विस्फोटकों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला पुलिस के जवानों ने डिफ्यूज कर दिया है